रेल मंत्रालय ने विशेष ट्रेनों के परिचालन की संख्या बढ़ाने के लिए राज्यों से मांगी सहमति

इनमें सक्रिय केस पंद्रह हजार दो सौ छप्पन हैं वहीं अठाइस हजार एक सौ उनचास मरीज इलाज के बाद स्वस्थ हो चुके हैं राज्य में इस संकमण से अबतक चार सौ अठाइस लोगों की जान जा चुकी है वहीं पिछले चौबीस घंटों में दो हजार चौंसठ कोरोना संक्रमित मरीजों की पुष्टि हुई है राजधानी रांची से सबसे अधिक नौ सौ इक्यावन मरीज मिले

कल नौ सौ उनहत्तर लोग स्वस्थ भी हुए जबकि पांच लोगों ने दम तोड़ दिया

इस टीम में तीन चिकित्सक शामिल हैं

टीम यहां दस दिनों तक स्थिति का आकलन करेगी और जरूरी सुझाव देगी इधर जमशेदपुर में केंद्रीय टीम के आने को लेकर पूर्वी सिंहभूम जिले के उपायुक्त सूरज कुमार ने स्वास्थ्य विभाग प्रशासनिक व पुलिस पदाधिकारियों और कोविड अस्पताल के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर पूरी गतिविधियों की जानकारी ली बैठक में जानकारी दी गयी कि शहर के पांच स्थानों के साथ ग्यारह प्रखंड मुख्यालय में रैपिड एंटीजन टेस्ट हो रहा है

सक्रिय मामलों की तुलना में स्वास्थ होने वाले मरीजों की दर तीन दशमलव छह गुणा हो गई है मंत्रालय ने कहा कि जुलाई के पहले सप्ताह से अगस्त के अंतिम सप्ताह तक संक्रमण र्से ठीक होने वालों की संख्या चार गुणा तक पहंच गई है इस समय देश में संक्रमण से होने वाली मौतों का प्रतिशत एक दशमलव सात छह है

रेल मंत्रालय देशभर के विभिन्न राज्यों में विशेष ट्रेनों के परिचालन को बढ़ाने के लिए राज्यों से विचार विमर्श कर रहा है इस संबंध में रेलवे ने गृह मंत्रालय के पास इसका प्रस्ताव भी भेजा है इसकी अनुमति मिलते ही और राज्यों से उनकी अवश्यकता के अनुरूप ट्रेनों का परिचालन किया जायेगा रेलवे ने आनेवाले त्यौहारों को देखते हुए रेल परिचालन को सामान्य करने की दिशा में चरणबद्व तरीके से यह प्रयास कर रहा है रेलवे ने अधिक ट्रेनों के परिचालन की मांग वाले राज्यों से इसकी सहमति मांगी है जैसा कि आपको मालूम हो कि बाइस मार्च से नियमित यात्री ट्रेनें बंद हैं राज्य सरकार ने फ्लैट की रजिस्ट्री के नियमों में बदलाव किया है इसके अंतर्गत ग्राहकों को सुपर बिल्डअप एरिया का निबंधन कराना होगा इसके अंतर्गत खरीदार को फलैट के कृल क्षेत्रफल के अलावा कॉमन एरिया पार्किंग गार्डेन और कम्पूनिटी हॉल में भी हिस्से का कानूनी अधिकार मिलेगा इससे पहले फलैट खरीदारों को केवल कारपेट एरिया का ही निबंधन कराना पडता था इससे राज्य सरकार को स्टाप और निबंधन शुल्क से अधिक राजस्व की प्राप्ति होगी भू राजस्व एवं निबंधन विभाग ने कल इसकी अधिसुचना जारी कर दी

अदालत ने केंद्र के आग्रह को मान लिया कि इन कंपनियों को भूगतान किस्तों में करने की अनुमति दे दी जाये लेकिन न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि इन कंपनियों को बिना किसी पुनर्विचार के बकाया राशि का भुगतान करना होगा क्योंकि उन्हें दस वर्ष का समय दिया गया है

एम्स के पलमोनरी चिकित्साग विभाग के अध्यक्ष डॉ अनन्ता मोहन ने लोगों को सलाह दी है कि केवल चिकित्सक की सलाह के बाद ही मरीज को हाइड्रोक्सीह क्लोरोक्वीन और मलेरिया रोधी दवाएं दी जानी चाहिए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

प्रहलाद जोशी मंगलवार को कोल इंडिया द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आयोजित स्टेकहोल्डर्स मीट को संबोधित कर रहे थे श्री जोशी ने कहा कि देश में कोयला क्षेत्र में निवेश से देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी

रक्षामंत्री राजनाथ सिंह शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में भाग लेने के लिए आज सुबह मॉस्को के लिए रवाना हो गए संगठन के सभी आठ देश मॉस्को में शुक्रवार को आयोजित बैठक में आतंकवाद और उग्रवाद जैसी क्षेत्रीय रक्षा चुनौतियों से निपटने के उपायों पर चर्चा कर रही है रक्षामंत्री रूस के रक्षामंत्री शर्गेई शोइगु के निमंत्रण पर तीन दिन के रूस दौरे पर है वे सामूहिक रक्षा समझौता संगठन सीएसटीओ और पूर्व सोवियत संघ के देशों के संगठन सीआईएस की बैठक में भी भाग लेंगे रक्षामंत्री ने अपने ट्वीट में कहा है कि वे रूस के रक्षा मंत्री के साथ पारस्प्रिक सहयोग और आपसी महत्व के मुद्दों पर चर्चा करेंगे उन्होंने कहा कि भारत और रूस रक्षा क्षेत्र में महत्वपूर्ण सहयोगी है और वे इस सहयोग को आगे बढ़ाने के इच्छ्क है

रांची में परीक्षा के लिए दो सेंटर बनाए गए हैं पहला आईएनओ त्पुदाना और दूसरा आईएनओ टाटीसिल्वे

विभिन्न कारणों से कई छात्र सेंटर नहीं पहंचे

परीक्षा शुरू होने के पहले छात्रों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर अंदर प्रवेश कराया गया

छात्रों ने हैंड सैनिटाइज किया

फिर उनकी थर्मल स्क्रीनिंग की गई इसके बाद अंदर उनके एडमिट कार्ड को भी सैनिटाइज्ड किया गया इसके बाद एग्जाम हॉल में जाने दिया गया

देवघर जिला प्रशासन ने बाबा वैद्यनाथ धाम मंदिर के गर्भगृह में सिर्फ पुजारी को ही प्रवेश करने की अनुमति दी है वे ही गर्भगृह में जलापर्ण कर सकेंगे आम श्रद्दालुओं को गर्भगृह में प्रवेश पर रोक रहेगा अन्य लोग अर्घा सिस्टम से बाबा मंदिर में जलार्पण कर सकेंगे प्रशासन द्वारा कोरोना वायरस के मद्देनजर संक्रमण को रोकने के लिए समय समय पर आवश्यक कदम उठाया जा रहा है और श्रद्वालुओं को सरकार की गाइडलाइन के अनुसार सोशल डिस्टैंसिंग का पालन करते हुए मंदिर में प्रवेश करने की अनुमति दी जा रही है धनबाद जिले के सहायक पुलिसकर्मी जिले के प्रभारी वरीय पुलिस अधीक्षक से मुलाकात कर अपनी समस्याओं के समाधान की मांग की इस दौरान पुलिसकर्मियों ने अधिकारी को बताया कि पूर्व की सरकार ने तीन साल की अवधि पूरी होने के बाद उन्हें आरक्षी पद पर नियुक्त करने का भरोसा दिया था लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई इस दौरान सहायक पुलिसकर्मियों ने कहा कि वे अपनी मांगों को लेकर चार से सात सितंबर तक काला बिल्ला लगाकर काम करेंगे और सात सितंबर को सामुहिक अवकाश पर रहेंगे इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अगर उनकी मांगें नहीं मानी गयीं तो दस सितंबर से वे अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जायेंगे

कंपनी के अधिकारी ने बताया कि बोकारो जिले में संयंत्र का निर्माण अंतिम चरण में है

यह संयंत्र राज्य के सभी जिलों में अपनी सेवा प्रदान करेगा केंद्रीय ग्रामीण विकास सचिव एनएन सिन्हा चार सितंबर को रांची आयेंगे